आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव कुमार ने बताया कि नये चार मामलों की पृष्टि केरल दिल्ली जम्मू और उत्तर प्रदेश में हई है उन्होंने बताया कि इन चार रोगियों में से तीन इटली से और एक ईरान से आये हैं केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी तरह की पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नम्बर शुन्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शुन्य चार छ और ई मेल आई डी एन सी ओ वी टू थाउजेन्ट नाइन्टीन ऐट द रेट आफ जी मेल डाट काम जारी की है केन्द्र सरकार महिलाओं की आजीविका के लिए दो हजार बाईस तक पचहत्तर लाख महिला स्व सहायता समृह बनाने की तैयारी कर रही है केन्दीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में कहा कि यह समूह गरीबी उन्मुलन कार्यक्रम का आधार है देश में साठ लाख से अधिक स्व सहायता समूह हैं सरकार इन समूह की महिलाओं को आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दे रही है बैंकों से आसान कर्ज की सुविधा भी दी जा रही है अत्यसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया है कि सरकार अत्यसंख्यक समुदायों की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए विमिन्न योजनायें चला रही है मंत्रालय के अनुसार गरीब नवाज स्वरोजगार योजना सीखो और कमाओ योजना तथा नई मंजिल योजना के तहत चार लाख से ज्यादा महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा राशि की सुरक्षा को लेकर तमाम चिंताओं को खारिज करते हए कहा है कि वह सभी बैंकों की गतिविधियों पर निर्घारित मापदंड के अनुसार निगरानी रखता है उसने कहा कि मीडिया के कुछ वर्गो में बैंकों की बाजार पूंजी के आधार पर उनकी ऋण शोघन क्षमता को लेकर भ्रामक विश्लेषण किया जा रहा है रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि बैंकों की ऋण शोघन क्षमता जोखिम के प्रति उनकी पर्याप्त पृंजी के अनुपात पर आधारित है न कि उनके शेयरों के बाजार मुल्य पर देशवासियों के पोषण स्तर में सुधार के लिए केन्द्र सरकार पोषण अभियान का प्रमुख कार्यक्रम चला रही है इसके अतर्गत बच्चों बालकों गर्मवती और दग्धपान कराने वाली माताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है यह कार्यक्रम सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका पता इस बात से चलता है कि चौदह केन्द्रीय विमाग और सभी राज्य सरकारे पोषण अभियान में भागदारी कर रही हैं प्रदेश में पोषण पखवाड़े की शुरुआत सभी जिलों में हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महिला दिवस के मौके पर दो जिलों में इसका शुभारंभ किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर आकांकी जिले सिद्धार्थनगर और नेपाल की सीमा से जुड़े क्शीनगर जिले में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए पीलीमीत जिले में किशोरियों की खून की जांच करके वजन और तबाई मापी गई और टीकाकरण कराया गया एक किसीरी शिवांगी ने आकाशवाणी को बताया पोषण मेले में मेरे ब्लड की जांच की गई वजन और लंबाई भी नापी गई डॉक्टर साहब ने टीके लगाए और गोलियां खिलाई

प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस अक्सर पर सभी ने बच्चों किशारियों और महितायों को कुपोषण मुक्त स्वस्थ और मजबूत करने का वचन लिया और साथ ही रापथ भी ती गई कि पोषण अभियान को एक देश व्यापी जन्यादोलन बनाया जायेगा महितायों विशेष रूप से किशोरियों को व्यक्तिगत साफ सफाई माहवारी स्वच्छता पोषण में भेदभाव और निजता जैसे मुझे पर जानकारी देने के साथ ही आंगनबाझी और आशा कार्यकर्ततायों द्वारा स्टॉत तगाकर कैल्वियम और ऑयरन टेबलेट का मुफ्त वितरण और टीकारण स्तनपान परिवार नियोजन संस्थागत प्रसव पोषण आदि की जानकारी भी दी गयी सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में होली के त्योहार की धूम शुरू हो गयी है अयोध्या काशी मथुरा में रंगभरी एकादशी के दिन से ही होली की शुरूआत हो जाती है होली की पूर्व संध्या पर प्रदेश भर में आज होलिका दहन का कार्यक्रम सम्पन्न किया जा रहा है होलिका दहन का मुहर्त आज सुर्यास्त छह बजकर दो मिनट से शुरू होकर रात आठ बजकर उन्तीस मिनट तक का है श्रीराम जन्मभुमि परिसर में विराजमान रामलता के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास ने बताया कि होलिका दहन के लिये यह श्भ मुहूर्त है कई सामाजिक संगठनों ने लोगों से हरे पेड़ और कीमती लडकियों को जलाने से परहेज करने को कहा है